दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवधन ने संवाददाताओं को बताया कि इनसे स्टार्ट अप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक जियो स्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने इसे देश में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रण म्क्त करते हए जियो स्पैटियल क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जियो स्पैटियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि यह सुधार देश के स्टार्ट अप्स निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए नवाचार तथा श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने के अवसर खोलेंगे इससे रोजगार मिलेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर तीन रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव छह चार प्रतिशत हो गई है राज्यभर में कोविड जांच के लिए एक सौ छिहत्तर सैंपल एकत्र किए गए इधर आर के मिशन अस्पताल में राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन और आई टी सेक्रेट्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कोविड का टीका लगवाया इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हए डॉ पार्थिबन ने कहा कि राज्यभर में इकसठ हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से सोलह हजार कर्मियों को सफलतापूर्वक कोविड का टीका लगाया जा च्का है इस मौके पर राज्य टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉ डी पादुंग ने बताया कि आगामी बीस फरवरी तक सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और पंद्रह मार्च तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगा दिया जाएगा आर के मिशन में आज सी आर पी एफ की एक सौ अड़तीसवीं बटालियन के कमांडेंट अंश्मान रंजन सहित कई प्लिस कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया

डॉक्टर जयशंकर ने आज ग्वाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निवेश के लिए अच्छे ब्नियादी ढांचे की जरूरत होती है और केन्द्र सरकार यह स्विधा राज्य को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि म्यांमा में तख्तापलट के कारण विकास परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और भारत में जापान के राजद्रत सातोशी स्ज्की ने आज ग्वाहाटी के खरग्ली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया दोनों ने वहां परियोजना से संबंधित अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की जापान के सहयोग से ग्वाहाटी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए यह परियोजना चल रही है जो अगले साल तक पूरी हो जायेगी इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और श्री स्ज्की कामाख्या मंदिर भी गए

पार्टी ने असम से राज्यसभा के उपच्नाव के लिए बिस्वजीत डैमरी को और तेलंगाना में दविवार्षिक राज्य विधान परिषद के लिए एन रामचन्दर राव और ग्ज्ज्ला प्रेमेन्दर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है

इस अवसर पर सी आर पी एफ की एक सौ अड़तीसवं बटालियन के कमांडेंट एचएस केल्स और स्कूली शिक्षा निदेशक मौजूद थे अपने संबोधन में सी आर पी एफ के कमांडेंट ने कहा कि बल नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता खेल कूच सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में योगदान दे रहा है